दीक्षांत समारोह देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने कल कहा कि देश को आत्म निर्मर बनाने के लिये नई शिक्षा नीति की अहम भूमिका रहेगी नई शिक्षा नीति के माध्यम से युवाओं को समय और जरूरत के मान से रोजगारोन्मुखी शिक्षण प्रशिक्षण दिया जायेगा समारोह में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे

उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे आचार विचार भी होना चाहिए युवाओं को बाल विवाह दहेज आदि क्प्रथाओं को समाप्त करने के लिये आगे आना चाहिए कार्यक्रम में प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्वर्ण तथा रजत पदक पीएचडी एवं डी लिट की उपाधि प्रदान की गई

प्रधानमंत्री नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की छठी बैठक की अध्यक्षता करेंगे बैठक के एजेंडे में कृषि बुनियादी ढांचा विनिर्माण मानव संसाधन विकास जमीनी स्तर पर सेवाओं की आपूर्ति स्वास्थ्य और पोषण पर विचार विमर्श शामिल हैं नर्मदापुरम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सेठानी घाट होशंगाबाद में नर्मदा जयंती कार्यक्रम में कहा कि नर्मदा के तटों तथा उनके तट पर बसे नगरों का विकास प्राकृतिक रूप से किया जाएगा वहाँ हम सीमेंट कंक्रीट के जंगल नहीं बनने देंगे साथ ही नर्मदा जल की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाएगा होशंगाबाद जिले का नाम अब नर्मदापुरम होगा इससे पहले एक बुधनी में एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले वर्ष से बूधनी महोत्सव प्रारंभ किया जायेगा जो नर्मदा जयंती के अवसर पर आयोजित होगा कल नर्मदा जयंती के अवसर पर जबलपुर अमरकंटक नरसिंहपुर मंडला खंडवा सहित प्रदेशभर में अनेक आयोजन हुए

उन्होंने बताया कि विद्यार्थी माता पिता और अभिभावकों की लिखित सहमति के आधार पर आएंगे और उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी आवासीय विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी

ग्वालियर में कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान में आयोजित नवजात शिश् पुनर्जीवन विषय पर कार्यशाला में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए

इन जिलों में श्योपुर छतरपुर पन्ना दमोह शहडोल व उमरिया जिले शामिल हैं

उन्होंने सभी नर्सों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे कोविड वैक्सीन लेने के लिए आगे आएं कोविड टीकाकरण के बारे में गलत सूचनाओं अफवाहों और नकारात्मक संदेशों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ भ्रामक धारणाएं जानब्रझकर फैलाई जा रही हैं जो तथ्यपरक नहीं हैं

उन्होंने कहा कि अभी तक एक करोड़ से अधिक खुराक सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से दी गई है और यह टीके की सुरक्षा सिद्ध करती है

इस पानी के उपयोग करने से नर्मदा का पानी कम मात्रा में लगेगा और पानी की बचत होगी

दर्शकों को एक बार फिर मंदिर की आभा के बीच कलाकारों के नृत्य देखने का मौका मिलेगा

इसमें आवेदक भारत में कहीं से भी पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के आवेदन में सरकार के डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकते हैं विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस नई योजना से पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले डिजी लॉकर में अपलोड किए गए अपने दस्तावेजों का लिंक प्रदान कर सकते हैं इससे वे डिजी लॉकर माध्यम से पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज कागज रहित रूप में जमा करा सकेंगे

इस पुस्तक में सीआरपीएफ के गरिमामय इतिहास उसकी सम्पूर्ण यात्रा चुनौतिओं सफलताओं और समर्पण को दर्शाया गया है